उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोगों के सहयोग और समर्थन के साथ राज्य में बदलाव लाने के प्रति प्रतिबद्ध है वे कल अंजाव जिले के हायुलियांग में जन सभा को संबोधित कर रहे थे अंजाव जिले के विकास पर चिंता जताते हुए श्री खांडू ने राज्य सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री एवं जिला विधायक स्वर्गीय कालिखो पुल द्वारा लागू सभी अपूर्ण परियोजना को पूरा करने में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया इससे पहले मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त जिला उपायुक्त कार्यालय भवन और विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय के लिए आधारशिला भी रखी मुख्यमंत्री पेमा खांडू उप मुख्यमंत्री चाउना मेन और भाजपा राज्य इकाई के अध्यक्ष तापिर गाव सहित अरुणाचल राईजिंग केंपिंग के द्रसरे चरण के दौरे पर है पंचायती राज मंत्री आलो लिबांग ने कहा कि राज्य में पंचायत च्रनाव आगामी अप्रैल या मई महीने में होने की संभावना है उन्होंने कहा कि राज्य में कई नई जिलों का निर्माण हुआ है और चुनाव की तैयारियों के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है श्री लिबांग ने कहा कि चुनाव की तैयारियों के लिए पूरे जोड़ो पर कार्य किया जा रहा है और स्थानीय चुनावों का आयोजन निर्धारित समय पर होगी ये बात श्री लिबांग ने कल ईटानगर में संवाददाताओं के साथ हुई बातचीत में कही वन एवं पर्यावरण मंत्री नाबम रेबिया की अध्यक्षता में चांगलांग जिले में रह रहे गैर अरुणाचली समुदायों को पी आर सी देने के मामलो पर विचार करने तथा राय लेने के लिए संयुक्त उच्च शक्ति समिति ने कल चांगलांग जिले के स्थानीय लोगों और गैर अरुणाचलियों के साथ बैठक का आयोजन किया

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधाण ने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सभी गरीब परिवारों को निशुल्क एल पी जी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए उज्ज्वला योजना में विस्तार को मंजूरी दे दी है पुलिस प्रभारी महा निदेशक सुनिल गर्ग ने हालही में आयोजित राष्ट्रमंडल कराते प्रतियोगिता में पदक जीतकर राज्य तथा खासतौर पर पुलिस विभाग को गौरवान्वित करने के लिए स्पोर्ट्स कोटा के तहत नियुक्त छह पुलिस कर्मियों की प्रशंसा की पदक विजेताओं को बधाई देते हुए पुलिस महा निदेशक जो अरुणाचल प्रदेश पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष भी है ने उनके नामों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र के लिए सिफारिश करने को भी कहा राष्ट्रमंडल कराटे प्रतियोगिता पहला पूर्वोत्तर ओलिंपिक खेल और छटा पूर्वोत्तर भारतीय कराटे प्रतियोगिता है लोकसभा में कल शोर शराबे के बीच मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पेश किया गया विधेयक में एक साथ तीन तलाक को अवैध ठहराने के सभी प्रावधान मौजूद हैं इस विधेयक में एक साथ तीन तलाक की प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करने और तीन साल तक की सजा का प्रावधान है यह विधेयक मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अध्यादेश दो हजार अटठारह का स्थान लेगा विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार का एक साथ तीन तलाक की प्रथा के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बावजूद इस प्रथा के जारी रहने के बाद यह विधेयक लेकर आई है ईस्ट सियांग जिला शिक्षा विभाग द्वारा खेल प्रभारी के शिक्षको के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गत रविवार को पासीघाट में संपन्न हो गया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

आज का अधिकतम तापमान सत्रह दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौदह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटो के दौरान सोलह दशमलव पांच मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई